भारत ने विश्व को दिखा दिया है कि वह अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा कर सकता है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत मित्रता की भावना का सम्मान करता है और अपने शत्रुओं को उचित जवाब देने में भी सक्षम है प्रधानमंत्री ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा कि हमारे वीर सैनिकों ने साबित कर दिया है कि वे अपनी मातृभूमि के गौरव और मान सम्मान पर किसी को बुरी नजर नहीं डालने देंगे बाईट दुनिया ने इस दौरान भारत की विश्व बंधुत्व की भावना को भी महसूस किया है और इसके साथ ही दुनिया ने अपनी संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा करने के लिए भारत की ताकत और भारत के कमिटमेंट को भी देखा है लद्दाख में भारत की भूमि पर आँख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है भारत मित्रता निभाना जानता है तो आँख में आँख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है हमारे वीर सैनिकों ने दिखा दिया है कि वो कभी भी माँ भारती के गौरव पर आँच नहीं आने देंगे श्री मोदी ने कहा कि हमारे जो वीर जवान शहीद हुए हैं उनके शौर्य को पूरा देश नमन कर रहा है इन सैनिकों के परिवारों की तरह ही हर भारतीय उन्हें खोने का दर्द का अनुभव कर रहा है बाईट भारत माता की रक्षा के जिस संकल्प से हमारे जवानों ने बलिदान दिया है उसी संकल्प को हमें भी जीवन का ध्येय बनाना है हर देशवासी को बनाना है हमारा हर प्रयास इसी दिशा में होना चाहिए जिससे सीमाओं की रक्षा के लिए देश की ताकत बढ़े देश और अधिक सक्षम बने देश आत्मनिर्भर बने यही हमारे शहीदों को सच्ची श्रद्दांजलि भी होगी प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र की तैयारी के महत्व का भी उल्लेख किया श्री मोदी ने कहा कि कोई भी मिशन जन भागीदारी के बिना सफल नहीं हो सकता

इसी भावना के साथ हमें आज भी इन सारे संकटों के बीच आगे बढ़ते ही रहना है

इसी साल में देश नये लक्ष्य प्राप्त करेगा नई उड़ान भरेगा नई ऊँचाइयों को छुएगा

प्रधानमंत्री ने लोगों का आह्वान करते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में हम सब का संकल्प समर्पण और सहयोग बहुत जरूरी है

साथियो कोई भी मिशन पीपुल्स पार्टिसिपेशन जनमागीदारी के बिना पूरा नहीं हो सकता सफल नहीं हो सकता इसीलिए आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक नागरिक के तौर पर हम सबका संकल्प समर्पण और सहयोग बहुत जरूरी है अनिवार्य है आप लोकल खरीदेंगे लोकल के लिए वोकल होंगे तो समझिए आप देश को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं श्री मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान लोगों को स्वयं विभिन्न बीमारियों से बचना होगा उन्होंने आयुर्वेदिक दवाओं जड़ी बूटियों से निर्मित औषधि और गर्म पानी के सेवन से स्वयं को स्वस्थ रखने का सुझाव दिया प्रधानमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन खोला जा रहा है लेकिन हमें अभी सतर्क रहना होगा

आपकी सतर्कता ही आपको कोरोना से बचाएगी इस बात को हमेशा याद रखिए कि अगर आप मास्क नहीं पहनते हैं दो गज की दूरी का पालन नहीं करते हैं या फिर दूसरी जरुरी सावधानियां नहीं बरतते हैं तो आप अपने साथ साथ दूसरों को भी जोखिम में डाल रहे हैं खासतौर पर घर के बच्चों और बुजुर्गों को इसीलिए सभी देशवासियों से मेरा निवेदन है कि आप लापरवाही मत बरतिये अपना भी ख्याल रखिए और दूसरों का भी प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान अदरक हल्दी और अन्य मसालों की मांग न केवल भारत में बल्कि अमरीका में भी बढ़ गई है उन्होंने कहा कि समूचा विश्व इस समय अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में लगा है और ऐसी क्षमता बढाने वाली चीजों का सम्बन्ध हमारे देश से है श्री मोदी ने कहा कि भारत ऐतिहासिक रूप से सभी आपदाओं और च्रनौतियों पर विजय हासिल कर और ज्यादा निखरकर सामने आया है बाईट भारत का इतिहास ही आपदाओं और चुनौतियों पर जीत हासिल कर और ज्यादा निखरकर निकलने का रहा है सैकड़ों वर्षों तक अलग अलग आक्रांताओं ने भारत पर हमला किया उसे संकटों में डाला लोगों को लगता था कि भारत की संरचना ही नष्ट हो जाएगी भारत की संस्कृति ही समाप्त हो जाएगी लेकिन इन संकटों से भारत और भी भव्य होकर सामने आया सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से दो हजार बाईस में आई चुनौतियों से निपटने के सकारात्मक उपाय सुझाए हैं

तो ये विश्वास जगाना बहुत महत्वपूर्ण है और उन्होंने उसके साथ जिस तरह से अपने वीर जवानों को श्रद्वांजलि भी दी पीवी नरसिम्हा राव जी के जीवन पर भी उन्होंने बात की तो बाकी घर में कैसे समय बितायें इसके बारे में जो बताया यह वेहद ही लोगों को अच्छा लगा है और इसलिए ये मन की बात एक बहुत महत्वपूर्ण कम्युनिकेशन का आधार बना है गलवान घाटी में शहीद जवान और बिहार के सहरसा जिले के निवासी कुंदन कुमार के पिता निमेन्द्र यादव ने कहा कि देश के लिए बलिदान देने पर उन्हें अपने पुत्र पर गर्व है उन्होंने कहा कि वे अपने शहीद बेटे के पुत्र को भी सेना में भर्ती कराना चाहेंगे

शहीद जवान की पत्नी बेबी कुमारी ने कहा कि उन्हें अपने पति की शहादत पर गर्व है उन्होंने भी देश की सेवा के लिए अपने पुत्र को सेना में भर्ती कराने की इच्छा व्यक्त की

प्रदेश में कोरोना संक्रमण से चार नये मरीजों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर कर बासठ हो गयी है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पटना में दो नवादा और रोहतास में एक एक मरीज की महामारी से मौत हुई है वहीं प्रदेश में कोविड उन्नीस महामारी से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर नौ हजार एक सौ सत्रह हो गयी है स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार आज एक सौ अड़तीस नये मामले सामने आये हैं सबसे अधिक उनतालीस मामले भागलपुर में दर्ज किये गये वहीं पटना में बीस जहानाबाद में बारह बेगूसराय में नौ औरंगाबाद में आठ नालंदा और मुंगेर में सात सात रोहतास में छह और शेखपुरा में पांच मामले रिकॉर्ड किये गये हैं स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि अब तक सात हजार एक सौ छप्पन कोरोना संक्रमित स्वस्थ होकर अपने घर लौट चूके हैं पिछले चौबीस घंटों के दौरान दो सौ छब्बीस मरीज स्वस्थ हुये है प्रदेश में अठहत्तर प्रतिशत लोग महामारी से मुक्त हो चुके है विभाग के अनुसार वर्तमान में कोविड उन्नीस के सक्रिय मामलों की संख्या एक हजार आठ सौ अंठानवे हैं कटिहार के प्राणपूर विधानसभा से भाजपा विधायक और राज्य के पिछड़ा कल्याण मंत्री कोरोना संक्रमित पाये गये हैं हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री सिंह की पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव पायी गयी है दोनों को इलाज के लिए कटिहार मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है देश में कोरोना संक्रमित तीन लाख नौ हजार से अधिक लोग उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं पिछले चौबीस घंटे में तेरह हजार आठ सौ बत्तीस लोग ठीक हुए हैं और अब स्वस्थ होने वालों की दर अंठावन दशमलव पांच छह प्रतिशत हो गई है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि कोरोना संक्रमण के उन्नीस हजार नौ सौ छह नये मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या पांच लाख अट्ठाईस हजार से अधिक हो गई है इस महामारी से अब तक सोलह हजार पंचानवे लोगों की मौत हो चुकी है राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकांश भागों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून पूरी तरह सक्रिय है राज्य के उत्तर पूर्व और उत्तर मध्य क्षेत्रों में कई स्थानों पर भारी वर्षा हई है मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले चौबीस घंटे में सीतामढ़ी के ढेंगब्रिज में सबसे अधिक इक्कीस सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गयी वहीं मध्रबनी के मधवापुर में अठारह सेंटीमीटर पूर्णियां में सोलह सेंटीमीटर मोतिहारी में ग्यारह सुपौल में दस सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गयी वहीं पटना में पांच सेंटीमीटर वर्षा हुई है विभाग ने अगले अड़तालीस से बहत्तर घंटों के दौरान राज्य के अधिकतर स्थानों पर भारी बारिश की सम्भावना व्यक्त की है इस दौरान कुछ जगहों पर वज्रपात की आशंका भी है राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक रूप से खुले में नहीं जाने की अपील की है वज्रपात की पूर्व सूचना प्राप्त करने और इससे बचने के लिए विभाग ने लोगों से इंद्रवज् एप का उपयोग करने को कहा है राज्य की विभिन्न नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में वर्षा के कारण प्रदेश की सभी प्रमुख नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है गंडक बागमती कमला बलान कोसी महानंदा और परमान नदी विभिन्न स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार सीतामढ़ी जिले में बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी जारी है महानंदा नदी का जलस्तर प्रर्णियां जिले के ढेंगरा घाट में लाल निशान से पचासी सेंटीमीटर ऊपर है वहीं परमान नदी का जलस्तर अररिया में खतरे के निशान से चौंसठ सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया है कोसी नदी बलतारा में खतरे के निशान से ग्यारह सेंटीमीटर ऊपर बह रही है गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि राज्य में विभिन्न नदियों में बाढ़ की स्थिति पर केन्द्र की नजर है श्री शाह ने आज इस संबंध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात की है बाढ़ के खतरे की आशंका को देखते हये केन्द्र सरकार ने बिहार को हर सम्भव मदद का आशवासन दिया है राज्य सरकार ने राजधानी पटना से बिहार के उत्तरी छोर को जोड़ने वाले महात्मा गांधी सेतू के समानांतर नये पूल के निर्माण के लिए दो चीनी ठेकेदारों के टेंडर को रद्द कर दिया है पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने बताया कि सरकार पुल निर्माण के लिए नये सिरे से टेंडर जारी करेगी गांधी सेतु के नव निर्मित पश्चिमी लेन को तीस जून तक चालू करने का लक्ष्य रखा गया था लेकिन अभी तक केवल बीस स्पैन ही लग पाये हैं पश्चिम चम्पारण के नरकटियागंज प्रखंड के चमुआ और मनवा परसी पंचायतों में टिड्डी दल के हमले के बाद किसान अपने खेतों के बचाव के कार्यों में लग गये हैं जिला कृषि पदाधिकारी विजय प्रकाश ने बताया कि टिड्डियों को भगाने के लिए किसानों को ध्वनि उत्पन्न करने वाले यंत्रों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं उन्होंने कहा कि टिड्डियों के हमले से किसी भी क्षेत्र में अब तक फसल नुकसान की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है शेखपुरा जिला के अलग अलग थाना क्षेत्रों में करंट लगने से तीन लोगों की मौत हो गई वहीं औरंगाबाद जिले के गोह थाना क्षेत्र के दधपी मोड़ के पास दाउदनगर गया पथ पर सड़क दुर्घटना में तीन युवकों की मृत्यु हो गई जबकि एक अन्य घायल हो गया इधर शिवहर जिले के तरियानी प्रखंड के सरवरपुर गांव में गैस सिलेंडर फटने से एक ही घर के आठ लोग झुलस गए हैं सभी को इलाज के लिए मुजफ्फरपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है नक्सल प्रभावित औरंगाबाद जिले के मदनपुर थाना क्षेत्र के छालीदोहर मुंशी बीघा गांव में सीआरपीएफ और औरंगाबाद पुलिस द्वारा की गई संयुक्त छापामारी में तीन नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है वैशाली जिले के कटहरा पुलिस आउट पोस्ट क्षेत्र में वैशाली और मुजफ्फरपुर जिला पुलिस ने संयुक्त छापेमारी कर एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन कर छह लोगों को गिरफ्तार किया है

भारत ने विश्व को दिखा देदिया है कि वह अपनी संप्रभूता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा कर सकता है